लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रदेश की आठ सीटों पर जांच के बाद उन्वास नामांकन किये गये रद्द सन्तानबे प्रत्याशी चुनावी मैदान में प्रदेश में चुनाव के दूसरे चरण के लिये नामांकन पत्र भरने की अंतिम तिथि कल हुई समाप्त आज होगी नामांकन पत्रों की जांच नाम वापसी शुक्रवार तक निर्वाचन आयोग ने आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद बड़ी मात्रा में धनराशि अवैध शराब मादक पदार्थ सोना और मुफ्त बांटी जाने वाली पांच सौ चालिस करोड़ रुपये की सामग्री जब्त की भारतीय जनता पार्टी ने कल प्रदेश की उन्तीस लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की पार्टी ने वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी के स्थान पर वर्तमान में प्रदेश सरकार में मंत्री सत्यदेव पचौरी को कानपुर से उम्मीदवार बनाया है इसके अलावा सरकार की एक और मंत्री डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी इलाहाबाद से पार्टी की उम्मीदवार होंगी प्रदेश भाजपा अध्यक्ष महेन्द्रनाथ पांडेय चंदौली से और केन्द्रीय रेल राज्यमंत्री मनोज सिन्हा गाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे पार्टी ने कई सीटों पर मौजूदा सांसदों का टिकट बरकरार रखा है इनमें बस्ती से हरीश ट्विवेदी डुमरियागंज से जगदम्बिका पाल गोंडा से कीर्ति वर्धन सिंह फैजाबाद से लल्लू सिंह कैसरगंज से ब्रजभूषण सिंह श्रावस्ती से ददन मिश्रा महराजगंज से पंकज चौधरी शामिल हैं इसके अलावा केन्द्रीय मंत्री मेनका गांधी और उनके पुत्र वरूण गांधी की सीटें बदल दी गयी हैं मेनका गांधी अब सुल्तानपुर से और वरूण पीलीमीत से चुनाव लड़ेंगे पार्टी ने पूर्व केन्द्रीय मंत्री और आगरा से मौजूदा सांसद रमाशंकर कठेरिया को इटावा सुरक्षित सीट से प्रत्याशी घोषित किया है कल पार्टी में शामिल हुई अमिनेत्री जया प्रदा को रामपुर से उम्मीदवार बनाया गया है केन्द्रीय मंत्री और फतेहपुर से मौजूदा सांसद निरंजन ज्योति की भी सीट बरकरार रखी गयी है पार्टी ने बलिया के मौजूदा सांसद भरत सिंह का टिकट काट कर वर्तमान में भदोही से सांसद वीरेन्द्र सिंह मस्त को बलिया से उम्मीदवार बनाया है इसके साथ ही सलेमपुर से रवीन्द्र कृशवाहा बांसगांव से कमलेश पासवान कृशीनगर से विजय दुबे धौरहरा से रेखा वर्मा फर्रूखाबाद से मुकेश राजपूत कन्नौज से सुब्रत पाठक अकबरपुर से देवेन्द्र सिंह भोले जालौन से भानु प्रताप वर्मा हमीरपुर से पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल कौशाम्बी से विनोद सोनकर बाराबंकी से उपेन्द्र रावत और बहराइच से अक्षयवर लाल गोंड पार्टी के प्रत्याशी होंगे कांग्रेस पार्टी ने भी कल लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की बारहवीं सूची जारी की इसमें उत्तर प्रदेश में रामपुर से संजय कपूर को गुजरात में नवसारी से धर्मेश बीपटेल को और नरेश माहेश्वरी को कच्छ से प्रत्याशी बनाया गया है अब तक कांग्रेस ने दो सौ बासठ लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवार घोषित किए हैं लोकसभा चुनाव के पहले चरण में प्रदेश की आठ सीटों के लिए दाखिल किये गये एक सौ छियालिस नामांकन पत्रों की कल जांच की गयी जिसमें उन्चास नामांकन पत्र रद्द कर दिये गये कुल सत्तानवे नामांकन पत्र सही पाये गये

उन्होंने बताया कि सहारनपुर में दाखिल बीस नामांकन पत्रों में से नौ नामांकन पत्र विभिन्न कारणों से निरस्त कर दिये गये कैराना में दाखिल सभी चौदह नामांकन पत्र सही पाये गये मुजफ्फरनगर में बाईस में से बारह नामांकन पत्र बिजनौर में सोलह में से तीन नामांकन पत्र मेरठ में पन्द्रह में से चार नामांकन पत्र रद्द किये गये वहीं बागपत में सभी तेरह नामांकन पत्र सही पाये गये गाजियाबाद में पच्चीस में से तेरह नामांकन पत्र तथा गौतमबुद्धनगर में इक्कीस में से आठ नामांकन पत्र जांच के बाद निरस्त कर दिये गये इस प्रकार अब सहारनपुर में ग्यारह कैराना में चौदह मुजफ्फरनगर में दस बिजनौर में तेरह मेरठ में ग्यारह बागपत में तेरह गाजियाबाद में बारह तथा गौतमबुद्दनगर में कुल तेरह नामांकन पत्र सही पाये गये लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान आगामी ग्यारह अप्रैल को होगा कांग्रेस ने कहा है कि उसके शासनकाल में देश में गरीबों की संख्या कुल आबादी के सत्तर प्रतिशत से घटकर बाईस प्रतिशत रह गई थी पार्टी प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कल नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि यदि उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो बाकी बचे बाईस प्रतिशत आबादी को भी गरीबी से बाहर निकालने के प्रयास करेगी उन्होंने न्यूनतम आय गांरटी योजना के बारे में कहा कि बहत्तर हजार रूपया देश के बीस प्रतिशत सबसे गरीब परिवारों को मिलेगा भाजपा के वरिष्ठ नेता और केन्द्रीय मंत्री अरुण जेटली ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के न्यूनतम आय गारन्टी चुनावी वायदे को धोखा बताया है जेटली ने आरोप लगाया कि गरीबी उन्मूलन के नाम पर नारे देकर लोगों को धोखा देना कांग्रेस का इतिहास रहा है उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरागांधी ने गरीबी हटाओ के नारे पर उन्नीस सौ इकहत्तर का चुनाव जीता था लेकिन इस दिशा में आवश्यक कदम नहीं उठाये गए

इस चरण में प्रदेश की आठ सीटें शामिल हैं जहां अट्ठारह अप्रैल को मतदान होगा दूसरे चरण में नामांकन पत्रों की जांच आज की जाएगी जबकि शुक्रवार तक नाम वापस लिये जा सकेंगे इस चरण में अमरोहा अलीगढ़ मथुरा फतेहपुर सीकरी के साथ नगीना सुरक्षित बुलंदशहर सुरक्षित हाथरस सुरक्षित और आगरा सुरक्षित सीटों पर मतदान कराया जायेगा इन संसदीय क्षेत्रों में कुल एक करोड़ चालीस लाख बोटर हैं जिनमें चौसठ लाख महिलायें हैं और लगभग ढ़ाई लाख से अधिक युवा मतदाता यहां पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने कल मुरादाबाद में भाजपा की विजय संकल्प सभा में कॉग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की गरीबी हटाओं योजना पर सवाल उठाए उन्होंने आरोप लगाया कि पचपन साल तक एक ही परिवार का शासन रहने के बावजूद गरीबों की हालत और खराब होती गयी श्री शाह ने कहा कि देश से सिर्फ नरेन्द्र मोदी ही गरीबी हटा सकते हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल ही गोरखपुर में भाजपा के प्रचार अभियान की शुरूआत करते हुए कॉंग्रेस पर आतंकवादियों के प्रति नरम रवैये का अरोप लगाते हुए कड़ी आलोचना की उन्होंने कहा कि कॉग्रेस को कश्मीर और आतंकवाद को लेकर अपनी मंशा स्पष्ट करनी चाहिए श्री योगी ने कॉग्रेस द्वारा प्रति वर्ष गरीबो को बहत्तर हजार रूपये सालाना देने की घोषणा को मात्र छलावा करार दिया उन्होंने कहा कि कॉग्रेस ने अड़तालिस वर्ष पहले भी गरीबी हटाओ का नारा दिया था लेकिन गरीबी के साथ साथ भूखमरी और अराजकता बढ़ती गयी उधर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा सहित कई मंत्रियों ने विभिन्न स्थानों पर चुनावी सभाओं को सम्बोधित किया

श्री पांडेय ने कहा कि सरकार ने अपने लगभग समी चुनावी वादों को पूरा किया है जिससे आज देश हर मोर्चे पर विश्व में एक नई ताकत के रूप में उभरा है

उन्होंने कल लखनऊ में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि समाजवादी पार्टी अध्ययन करके गरीबों के लिए ऐसा पैकेज लायेगी जिससे वे सम्मानजनक जीवन जी सकेंगे

इनकी कीमत लगभग पांच सौ चालिस करोड़ रुपये आंकी गई है सबसे ज्यादा एक सौ सात करोड़ रुपये लागत की वस्तुएं तमिलनाडु में बरामद की गई हैं उत्तर प्रदेश में बरामद की गई सामग्री का मूल्य एक सौ चार करोड़ रुपये है आयोग की विज्ञप्ति में कहा गया है कि देश भर में एक सौ तैंतालिस करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि जब्त की गई है

उन्होंने कहा कि पहली बार सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर आ रहे विज्ञापनों को भी प्रत्याशी के निर्वाचन व्यय में सम्मिलित किया जाएगा यदि कोई प्रत्याशी मीडिया सर्टिफिकेशन के बिना सोशल मीडिया पर विज्ञापन देता है तो उसे नोटिस जारी की जाएगी

श्री लू ने कहा कि समाचार लोगों को जागरूकता और प्रेरणा से भरते हैं जिसमें दूरदर्शन की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण है